इस बीच मुख्यमंत्री कमलनाथ कल रात दिल्ली रवाना हो गए इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक बिसाहूलाल सिंह ने उनसे मुख्यमंत्री निवास पर मुलाकात की इस मुलाकात के बाद श्री सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में इस बात से इंकार किया कि किसी ने उन्हें बंधक बनाया था उन्होंने कमलनाथ सरकार के प्रति पूरा समर्थन जताया उधर भाजपा में पार्टी विधायक नारायण त्रिपाठी को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुयी है वे हाल के दिनों में तीन से चार बार मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष से मिल चुके हैं हालांकि श्री त्रिपाठी का दावा है कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र मैहर के विकास के संबंध में मुख्यमंत्री से मिले हैं अल्पसंख्यक विकास फुलेगशिप केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने बताया है कि केन्द्र सरकार अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं के सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के लिए विभिन्न योजनायें चला रही है मंत्रालय के अनुसार गरीब नवाज स्वरोजगार योजना सीखो और कमाओ योजना तथा नई मंजिल योजना के तहत चार लाख से ज्यादा महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराये गये हैं

इन योजनाओं में युवा उद्यमियों और कुछ रवनात्मक करने की इच्छा रखने वाले युवाओं की मदद की जाती है मंत्रालय अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं में नेतृत्व विकास के उद्देश्य से नई रोशनी योजना चला रहा है जिसके तहत करीब तीन लाख महिलाओं ने पिछले पांच साल में फायदा लिया है

इस दौरान स्वयंसेवी संगठन के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को एड्स के प्रति जागरुक किया होलिका दहन प्रदेश में आज रात शुभमुहुर्त में होलिका दहन की जाएगी वन विभाग और प्रशासन ने लोगों से होलिका दहन में लकड़ी के बजाय गौकाष्ठ और कंडो का इस्तेमाल करने की अपील की है होलिका दहन के साथ ही रंगों का पर्व होली शुरू हो जायेगा जो पांच दिनों तक चलेगा कल लोग एक दूसरे पर रंग गुलाल और अबीर डालकर होली की शुभकामनाएं देंगे राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जनता को होली की बधाई दी है वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने भी इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल आज सागर जिले के बांडा और देवरीकला में आयोजित होली मिलन कार्यक्रमों में शामिल होंगे इंदौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि होलकर वंश की परम्परा अनुसार राजबाड़ा पर विधि विधान से होलिका का दहन किया जाएगा होली के अवसर पर प्रदेशभर के बाजारों में दुकानों को विशेष रूप से सजाया गया है जहां रंग गुलाल पिचकारियों को खरीदने वालों की भीड देखी जा रही है विदिशा में जिला प्रशासन ने शांति और सदभाव के साथ होली मनाने के व्यापक प्रबंध किये हैं उधर होशंगाबाद शिवपुरी और टीकमगढ में आज कई स्थानों पर होलिका दहन किया जाएगा आगरमालवा जिले में भी होली का पर्व अनूठी परम्पराओं के साथ मनाया जाएगा